त्योहारों और ठंड में लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा

राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने मंदिर जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की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

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवघर शहरी जलापूर्ति परियोजना का भी शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जॉब कार्ड और पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभुकों के बीच ऋण का भी वितरण किया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब हर मजदूर को रोजगार देगी इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा

इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की समृद्धि की कामना की

तीन दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे इसमें मुख्य रूप र्स कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी

ग्रैंड चैलेंजेज की इस वर्ष होने वाली बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि महाराज अग्रसेन सामाजिक समरसता के प्रणेता और सच्चे कर्मयोगी थे उन्होंने कहा कि मानव कल्याण परोपकार और गरीबों के उत्थान के लिए महाराज अग्रसेन के कार्य हमेशा देशवासियों को प्रेरित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक सन्देश में कहा कि अग्रसेन महाराज एक महान शासक थे अहिंसा के प्रति उनका विश्वास अटूट था मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया साथ ही कहा कि अग्रसेन महाराज पर बहत कृछ लिखा जाना बाकी है और यह कार्य सभी को मिल कर करना होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि आने वाले ढाई महीने देश के लिए बहत चुनौतीपूर्ण हैं त्योहारों के शुरू होने और ठंड में संक्रमण के बढ़ने का खतरा ज्यादा है उन्होंने ऐसी स्थिति में आम लोगों को अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है इधर देश में कोरोना के आंकड़े से राहत मिली है

देश में सक्रिय मामले घटकर आठ लाख से नीचे आ गए हैं

डॉ हर्ष वर्धन ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिकों को प्रयासों की सराहना की स्वास्थ्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विश्व में नौ वैक्सीन परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं भारत में तीन टीकों का परीक्षण चल रहा है इनमें से एक टीका नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश में जल्दी ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा

उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर जारी किये गए अपने एक सन्देश में कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच दो से चार मीटर तक की दूरी रहनी चाहिए उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने हाथों को थोड़े समय के अंतराल पर साबुन या हैंडवॉश से अवश्य धोने की अपील की इधर देवघर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कहा है कि कल से बिना मास्क पहनकर घूमने वाले लोगों की तत्काल कोरोना जांच कराई जाएगी उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी लोग मास्क पहन कर ही घरों से बाहर निकलें उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक दूरी बनाये रखने की अपील की

राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने मंदिर जाकर मां दर्गा की पूजा अर्चना की नवरात्र के शुरू होने पर राज्य के सिद्धपीठ रजरप्पा रस्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में भी आज से नवरात्र पर्व की शुरुआत हुई पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई इस मौके पर विभिन्न जगहों के कई भक्तों एवं श्रद्वालुओं ने छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में कलश की स्थापना की वहीं मंदिर प्रांगण के सभी हवन कुंडों में बेठे भक्तों ने माता शैलपुत्री की उपासना रखी

इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों को नवरात्र की शुभकामनाए दी हैं मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि मां जगदंबा सबके लिए सुख शांति और समृद्धि लाएंगी देवघर जिले के देवीपुर में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है

उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी नवंबर दिसम्बर महीने से यहां ओपीडी की सेवा स्थानीय लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी

वहीं पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की जानकारी ली थी लातेहार जिले के सदर प्रखंड स्थित रेहडा गांव से आज दीदी बाडी योजना का शभारंभ हआ इस अवसर पर जिले के उपविकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि इस योजना से लोग स्वावलंबी बन सकेंगे साथ ही यह योजना क्पोषण को भी खत्म करेगी

बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप नीलामी का दायरा बढ़ाया भी जा सकता है रिजर्व बैंक बह सुरक्षा नीलामी के जरिए राज्य विकास ऋणों की खरीद करेगा जिसमें विविध मूल्य पद्धति का उपयोग किया जाएगा

सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्द्धन परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं है एक वक्तव्य में मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इस आशय की सूचनाएं प्रसारित हुई हैं कि यह परिषद कुछ पदों पर नियुक्तियां कर रही है और इस संबंध में वह मंत्रालय के नाम का प्रयोग कर रही है मंत्रालय ने आम जनता को सावधान किया है कि वह इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में न आये

देवघर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आज गुटखा और तंबाकू के अवैध खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी क्मार सिन्हा ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न इलाकों से भारी मात्रा में पान मसाला और गुटर्ख आदि बरामद किये गए हैं सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में राज्य के पश्चिमी मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की आशंका जताई है विभाग के अनुसार राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आशिक बादल के साथ गर्जन वाले मेघ भी बन सकते हैं वहीं पलामू गढ़वा चतरा सिमडेगा और बोकारो आदि जिलों में हल्की बारिश हो सकती है गिरिडीह जिले के नगर थाना में पदस्थापित एक सहायक पुलिस अवर निरीक्षक का शव आज सुबह उनके घर से बरामद किया गया है जिले के पुलिस उपाधीक्षक विनोद रवानी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पुलिस आत्महत्या और हत्या के बिंदु पर मामले की जांच कर रही है मृतक ग्रमला जिले के रहने वाले थे इधर लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के नामुदाग गांव से भी आज सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है शव पेड़ से लटका पाया गया जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस प्रे मामले की जांच कर रही है